राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार अस्सी वर्षीय कोविड संक्रमित व्यक्ति कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त था और उनका राजधानी ईटानगर के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल चिंपू में इलाज चल रहा था पिछले चौबीस घंटे में राज्य में कोविड संक्रमण के अद्वारह नए मामले दर्ज किए गए और छत्तीस रोगी स्वस्थ हए है प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सात सौ इक्यावन रह गई है राज्य में अब तक पंद्रह हजार पांच सौ इकसठ रोगी स्वस्थ हो च्के हैं कल दर्ज किए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से छह पाप्मपारे और वेस्ट कामेंग जिले से तीन तीन वेस्ट सियांग लोहित ईस्ट सियांग अपर सियांग चांगलांग और लोअर दिबांग वैली जिले से एक एक मामले शामिल है

इस बैठक में लोक सभा सांसद तापिर गाव राज्य सभा सांसद नाबम रिबिया विधायक बालों राजा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संजीव नंदन सहाय और जल विद्य्त ऊर्जा के संय्क्त सचिव तन्मय क्मार और अन्य लोग मौजूद थे बैठक के दौरान दो हजार मेगावाट की लोअर सियांग जल विद्य्त परियोजना छह सौ मेगावाट की कामेंग जल विद्य्त परियोजना सियांग और दिबांग नदियों पर प्रस्तावित जल विद्य्त परियोजनाओं के अलावा प्रभावित लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें अच्छा प्नर्वास पैकेज देने के आश्वासन पर भी चर्चा हुई बैठक में पर्यावरण को कम प्रभावित करने समय पर कम लागत में जल विद्य्त परियोजनाओं के लिए लघ् जल विद्य्त परियोजना के विकास पर जोर दिया गया इस अवसर पर प्रदेश में ब्नियादी सुविधाओं के विकास अधिग्रहित भूमि के मुआवजे और बांध को लेकर स्थानीय लोगों में भय के मुद्दे पर भी चर्चा हई

ईटानगर शहरी निकाय के च्नाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद सैतालीस नामांकन वैध पाए गए हैं म्यूनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर कोमकर द्रलोम के अन्सार सैतालीस उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं इधर पासीघाट शहरी निकाय की आठ वार्ड के च्नाव के लिए सत्रह उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं उम्मीदवार अपने नाम सात दिसंबर तक वापस ले सकेंगे और इसके बाद ही दलगत आधार पर उम्मीदवारों की सही तस्वीर साफ हो पाएंगी सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार अभियान श्रु कर दिया है प्रदेश भाजपा कार्यालय ईटानगर में आज संभावित रुप से निर्विरोध निर्वाचित होने वाले दो उम्मीदवारों का स्वागत किया गया

हर साल पांच दिसंबर को इसे मनाया जाता है इसे सबसे पहले पांच दिसंबर दो हजार सत्रह को मनाया गया था इसके लिए बीस दिसंबर दो हजार तेरह को विश्व मिट्टी दिवस मनाने का फैसला लिया गया था इसका म्ख्य उद्देश्य किसानों को मिट्टी और उर्वरा के लिए जागरुक करना है आधुनिक समय में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के लिए दवाओं के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है म़दा जैव विविधता की रक्षा की थीम पर आज पाप्मपारे जिले के सांगद्पोता अंचल में मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग के निदेशक जोरम प्पा ने वर्मी कम्पोस्ट का शुभारंभ किया इस अवसर पर संयुक्त निदेशक आर एन सिंह सहित कई अधिकारी और गांव बूढ़ा मौजूद थे

अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग और अथ् पोपू सोशल फाउंडेशन के सहयोग से ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को ग्वाहाटी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता स्निल माउ सामाजिक कार्यकर्ता हसीना खारभिह अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राधिल् चाई तेची प्लिस विभाग के नोडल अधिकारी अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी की प्रतिनिधियों और अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया महिला आयोग की अध्यक्ष राधिल चाई तेची ने आयोग की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आयोग महिलाओं के हितों की रक्षा के प्रति संवेदनशील है

इसे खासकर शी योमी जिले में बसे आदी जनजाती के लोग मनाते है

यह जानकारी संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कल जिनेवा में एक संवाददाता सम्मेलन में दी अब तक विशव के एक सौ नवासी देश संगठन कोवैकस कार्यक्रम में जुड़े चुके हैं जो टीकों के समान वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कोवैक्स टीका कार्यक्रम की प्राथमिकता स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पैसठ वर्ष से अधिक आय् के लोगों समेत बीस प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करने की है सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि दो हजार इक्कीस के अंत तक कम से कम दो अरब ख्राक उपलब्ध कराने की है जो इस कार्यक्रम से जुड़े देशों की बीस प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त होगा